प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिम्स्टेक के सदस्य देशों से व्यापार अर्थव्यवस्था डिजिटल कनेक्टिविटी सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है श्री मोदी आज नेपाल की राजधानी काठमांडू में बंगाल की खाड़ी शांति समद्धि और स्थायित्व की ओर विषय पर आयोजित चौथे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे श्री मोदी ने कहा है कि विकासशील देशों में शांति समृद्धि और खुशहाली सबसे बड़ी प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि बंगाल की खाड़ी का यह क्षेत्र हम सभी के विकास सुरक्षा और प्रगति के लिए विशेष महत्व रखता है बाइट बंगाल की खाड़ी का यह क्षेत्र हम सभी के विकास सुरक्षा और प्रगति के लिए विशेष महत्व रखता है और इसीलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत की नेवर हूड फस्ट और लुक एट ईस्ट दोनों नीतियों का संगम इसी बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में होता है

अपने अपने देशों में शांति समृद्धि और खुशहाली ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है लेकिन आज के इंटर कनेक्टेड विश्व में यह काम कोई अकेले नहीं कर सकता हमें एक द्रसरे के साथ चलना है मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा अवसर है कनेक्टिविटी का ट्रेड कनेक्टिविटी इकोनामिक कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी डिजिटल कनेक्टिविटी और पीपुल दू पीपल कनेक्टिविटी सभी आयामों पर हमें काम करना होगा श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भारत नॉलेज नेटवर्क को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने बिम्सटेक देशों का आहवान किया कि वे वर्ष दो हजार बीस में भारत में होने वाले अतंर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में भागीदार बने

श्री मोदी ने सदस्य देशों को नई दिल्ली में होने वाले मोबाइल कांग्रेस में भी आमंत्रित किया बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी से सटे देशों का बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग संगठन है इसमें भारत बंगलादेश म्यांमा थाईलैंड श्रीलंका भूटान और नेपाल शामिल है प्रदेश सरकार कुंभ और प्रवासी भारतीय दिवस के जरिये राज्य को सर्वोत्तम और आकर्षक ट्ररिज्म डेस्टिनेंशन के रूप में पेश करने की दिशा में काम कर रही है

उन्होंने कहा कि अगले साल जनवरी से मार्च तक इलाहाबाद में आयोजित होने वाला कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है इसमें दुनिया के एक सौ बाननवे देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि कुंभ के पहले वाराणसी प्रयाग अयोध्या लखनऊ और आगरा में वैचारिक कुंभ का आयोजन किया जायेगा

श्री योगी ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से वैश्विक मंच पर प्रदेश को अलग पहचान दिलाने के लिए कुंभ के दौरान वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन भी किया जायेगा जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे छह हजार से अधिक प्रवासी भारतीय शामिल होंगे

विधानसभा में विपक्षी दलों ने काम रोको प्रस्ताव के रूप में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों को नियुक्ति में आरक्षण नियमों की अनदेखी गन्ना किसानों क बकाये का भुगतान न करने तथा राज्य में डेंगू फैलने के मामले उठाये इस पर संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार आरक्षण नियमों का अक्षरशः पालन कर रही है उन्होंने कहा कि रोस्टर के तहत विश्वविद्यालयों में नियुक्ति में आरक्षण न देने का शासनादेश पिछली समाजवादी पार्टी सरकार ने जारी किया था

उधर विधान परिषद में सुबह कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कल चर्चा के जवाब के दौरान की गई एक टिप्पणी पर आपत्ति जताई तथा शुन्य प्रहर में इस मामले को उठाने का प्रयास किया जिसकी अधिष्ठाता यज्ञदत्त शर्मा ने इजाजत नहीं दी लखनऊ जिला जेल कारागार में आज कैदियों के लिए विशेष योग शिविर का आयोजन किया गया

इस अवसर पर राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि कैदियों को योग का प्रशिक्षण दिये जाने से उनके जीवन में गुणात्मक सुधार आयेगा उन्होंने इस अवसर पर वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लिया कायक्रम के दौरान कैदियों को योग की एक दिलचस्प विधा फेस योगा का प्रशिक्षण दिया गया इस शिविर में लगभग पांच सौ से अधिक कदियों ने हिस्सा लिया भारतीय जनता पार्टी आगामी सोलह सितम्बर को भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई की पहली मासिक प्रण्य तिथि पर देशभर में काव्यांजलि कार्यक्रम आयाजित करेगी इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिन सत्रह सितम्बर से पच्चीस सितम्बर तक कार्याजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि काव्यांजलि कार्यक्रम देश की सभी विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों सहित चार हजार स्थानों पर आयोजित किया जायेगा तथा कार्याजलि कार्यक्रम के तहत देश में बीस हजार जगहों पर मेडिकल कैम्प लगाये जायेंगे

श्री जेटली ने नई दिल्ली म कहा कि भारत ने अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है और अगले साल इसके ब्रिटेन से भी आगे निकल जाने की संभावना है उन्होंने यह भी कहा कि भारत दस से बीस सालों में विश्व की तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जायेगा राजधानी लखनऊ सहित आसपास के ज़िलों और पूर्वी इलाके में आज तेज बारिश होने से आम जनजीवन पर असर पड़ा है वहीं प्रदेश में लगातार बारिश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले पानी की वजह से राज्य के पश्चिमो ज़िलों के कई क्षेत्रों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है

और विवरण हमारे लखनऊ संवाददाता से मुरादाबाद और बरेली मंडलों में भारी बारिश के बाद सभी नदियां उफान पर हैं नरोरा बैराज से गंगा नदी में पानी छोड़े जाने के बाद संभल जिले में कई गांव में बाढ़ आ गई है केन्द्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक गंगा रामगंगा शारदा घाघरा और कोआनो नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं घाघरा के अलावा लखीमपुर खीरी और पीलीभीत से गुजरने वाली शारदा नदी खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर बह रही है जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है प्रदेश के राहत आयुक्त संजय कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि घाघरा राप्तो और नारायणी नदी के तटबंधो में आई दरार की मरम्मत का काम युद्धस्तर पर किया जा रहा है सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ उधर मिर्जापुर में गंगा नदी का जलस्तर चार सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से बढ़ रहा है बाढ़ की आशंका के मददेनजर गंगा क निचले और तटवर्ती इलाकों के लोग सूरक्षित जगहों पर जाने लगे हैं स्थिति को देखते हुए ज़िला प्रशासन सतर्क हो गया है और बाढ़ चौकियों पर नज़र रखे हुए है केन्द्र सरकार न कहा है कि नोटबंदी के लक्ष्यों को बहुत हद तक पूरा कर लिया गया है और अब देश के किसी भी भाग में नोटों की कोई कमी नहीं है आर्थिक कार्य सचिव एससी गर्ग ने नई दिल्ली में बताया कि कालेधन पर रोक जाली नोटों की समस्या आतंकवाद के धन के स्रोतों पर पाबंदी तथा डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने जैसे लक्ष्यों को हासिल कर लिया गया है